अगले सप्ताह से फिर बढ़ेगी सर्दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी जल जीवन मिशन की ताकत है और वैज्ञानिकों का उत्तरदायित्व है कि वे पानी को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए किफायती और प्रभावी प्रौद्योगिकी विकसित करें बेंगलुरू के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा बाईट प्रधानमंत्री भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान जल जीवन मिशन शुरू किया गया है अब ये आपका दायित्व है कि पानी की रिसाइक्लिंग और रीयूज के लिए प्रमावी और सस्ती टेक्नोलॉजी कैसे विकसित करे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा जोधपुर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल इस कानून के बारे में लोगों में भ्रम फैला रहे हैं लेकिन सरकार का इस कानून को वापस लेने का कोई इरादा नहीं है

आपकी नागरिकता को कोई नहीं रोक सकता जितना भ्रम फैलाना है फैलाए जितना गुमराहकरना है करें हम लोगों के पास जाएंगे युवाओं के पास जाएंगे माइनोरिट के पास जाएंगेऔर बताएंगे कि इसमें आपकी नागरिकता को कोई लेन देन नहीं है ये मेरे शरणार्थी भाई आएहँ उनको नागरिकता देनी है गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस मुद्दे पर बहस करने की चुनौती दी श्री शाह ने लोगों से इस कानून के समर्थन में आगे आने की अपील की

उधर भाजपा नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रति समर्थन और जागरूकता के लिये देशभर में कल से दस दिन का जनसंपर्क अभियान चलाएगी राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद इसकी जांच करवा रही है प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों के माध्यम से पैसा लेने वाले संस्थानों का भौतिक सत्यापन करवा रहा है विभाग ने इसके लिये जांच टीम भी गठित की है जो विभिन्न जगहों पर जाकर शैक्षणिक संस्थानों की जांच कर रही है पटना के जिला कृषि पदाधिकारी राकेश रंजन ने कहा है कि खेत में फसल अवशेष जलाते हुये पकड़े जाने पर तेईस किसानों का निबंधन रद्द कर दिया गया है उन्होंने कहा कि ये सभी किसान अगले तीन वर्षों तक कृषि विभाग की किसी भी योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन नहीं कर पायेंगे उन्होंने कहा कि इन किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर क्षेत्र में बादल छाये रहने के कारण लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है शुक्रवार को राज्य के अधिकतर स्थानों पर बादल छाये रहे और भागलपुर गया पूर्णिया दरभंगा समेत कई जगहों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गयी इधर मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग केंद्र पटना ने कहा है कि अगले हफ्ते मौसम साफ होने के बाद न्यूनतम तापमान में कमी होगी जिससे एक बार फिर ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना है मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रात और सुबह में कुहासा बढ़ने की भी उम्मीद है इधर दिन में धूप निकलने के बावजूद शाम और सुबह घने कोहरे के कारण ट्रेनों की आवाजाही और विमानों के उड़ान पर असर पड़ा है दिल्ली पटना राजधानी एक्सप्रेस समेत लंबी दूरी की कई ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं आज लुई ब्रेल जयंती है पूरे विश्व में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं यह दिन दृष्टिबाधित और आंशिक रूप से कमजोर नजर वालों को मानवाधिकार प्रदान करने और संचार के माध्यम के रूप में ब्रेल लिपि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है आज ही के दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस में अठारह सौ नौ में हुआ था राज्य सरकार स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नियमित कक्षाओं के लिये अगले तीन महीने में सवा लाख शिक्षकों का नियोजन करेगी यह नियोजन पहली से बारहवीं कक्षाओं तक के लिये होगी इन शिक्षकों को इकतीस मार्च तक नियोजन पत्र दे दिये जायेंगे समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने आंगनबाड़ी केंद्रों में आ रहे बच्चों को भरपूर पौष्टिक आहार देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है पटना में विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अनियमितता की शिकायत मिल रही है श्री सिंह ने कहा कि अनियमितता के दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी वैशाली की जिलाधिकारी उदिता सिंह ने कहा है कि हाजीपुर मंडल कारा में विवाद और झड़प के बाद मनीष कुमार सिंह नाम की कैदी की हत्या मामले में जेल प्रशासन पर कार्यवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है आरा की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में फरार राजद विधायक अरूण यादव की अचल सम्पति कुर्क करने का आदेश दिया है इस मामले में पुलिस ने अब तक जेल में बंद चार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है पटना स्थित सीबीआई की एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बेगूसराय जिले की नेउला शाखा के पूर्व शाखा प्रबंधक रामउजागर सिंह को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है केंद्र सरकार ने बिहार राज्य बीज और जैविक प्रमाणन एजेंसी बसोका को जैविक प्रमाणन एजेंसी के रूप में मान्यता दी है बोधगया में तीन दिवसीय बौद्ध महोत्सव उनतीस जनवरी से आयोजित होगा जिसमें दस देशों के कलाकार भाग लेंगे बांका जिले में वसुधा केंद्रों के सहयोग से हर पंचायत में शिविर लगाकर आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों का गोल्डेन कार्ड बनाया जायेगा पटना के मोईनुलहक स्टेडियम में बिहर और मिजोरम के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले के पहले दिन मिजोरम ने दो विकेट के नुकसान पर तीन सौ दस रन बना लिये हैं मिजोरम की ओर से प्रतीक देसाई ने एक सौ बानवे रन की बड़ी पारी खेली पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल में खेली जा रही उन्नीसवीं बिहार राज्य सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में सिवान सीतामढ़ी वैशाली पूर्वी चंपारण और मुंगेर की टीमें अपना अपना मैच जीतकर अगले दौर में पहुंच गयी हैं पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने है कहा कि छपरा बलिया मऊ इंदारा रेलखंड के दोहरीकरण का काम तेजी से चल रहा है यह काम इस वर्ष पूरा कर लिया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने लिखा है तैंतीस हजार तालाबों का होगा कायाकल्प दैनिक जागरण ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीएए पर सभी पार्टियां एक हो जायें तब भी भाजपा पीछे नहीं हटेगी प्रभात खबर की सुर्खी है निजी कंपनियों को मिल सकता है एक सौ रूटों पर डेढ़ सौ यात्री टेनें चलाने का जिम्मा दैनिक भास्कर की सुर्खी है मोदी कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी बिहार चुनाव को देख जदयू को मिल सकते हैं तीन पद

अगले सप्ताह से फिर बढ़ेगी सर्दी